राज्यभर में आज से लॉकडाउन के दौरान बढ़ायी गई सख्ती अंतरजिला यात्रा करने वालों से पुलिस प्रशासन ने मांगे ई पास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची की दो सामाजिक संस्थाओं का किया दौरा बच्चों और वृद्दजनों को र्मेडिकल किट सहित अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराने का दिया निर्देश और रामगढ़ की विधायक ममता देवी ने कहा है कि कोविड अस्पतालों में डॉक्टर नियमित रूप से आएं ताकि मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित हो सके कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है श्रोताओं से अपील हैं कि कोई कोताही नहीं बरतें और सभी सावधानियों का पालन करें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

मास्क पहनें दो गज की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें और हाथ और मुंह साफ रखें और अब समाचार विस्तार से केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना महामारी की स्थिति में दबाव झेल रहे बच्चों की जानकारी उनकी तस्वीरें और संपर्क नंबर सोशल मीडिया पर साझा नहीं किया जाना चाहिए कानून के अनुसार उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए

उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों का कानूनी रूप से गोद दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए अन्यथा ऐसे बालक मानव तस्करी के शिकार हो सकते हैं उन्होंने कहा है कि किसी और के बच्चे को गोद लेना या देना कानूनी रूप से अवैध है अगर कोई किसी अनाथ बच्चे को सीधा गोद लेना चाह रहा हो तो उसे रोका जाना चाहिए यह अवैध है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने आकाशवाणी से कहा कि ऐसे बच्चों को बाल कल्याण समिति को दिया जाना चाहिए जो बच्चे के हित में आवश्यक कार्रवाई करेगी केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि नियमित बाजार खुलने के प्रतिबंधित समय से उचित दर की दुकानों को छूट दी जाए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है कि उचित दर की दुकानों को महीने के सभी दिन खोला जाए और दिनभर लाभार्थियों को अनाज वितरित किया जाए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इससे कोविड नियमों का समुचित पालन करते हुए सभी लाभार्थी सुरक्षित और समयबद्ध ढंग से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण में अनाज ले सकेंगे

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केन्द्र सरकार प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह पांच किलोग्राम अनाज निःशुल्क उपलब्ध करा रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ राजस्थान और पुद्दचेरी के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और इन राज्यों में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थिति का आकलन किया उन्होंने स्थिति से निपटने में राज्य सरकारों की महामारी प्रबंधन रणनीति का भी जायजा लिया प्रधानमंत्री ने देश में कोविड की स्थिति और टीकाकरण कार्यक्रम का आकलन करने के लिए कल कैबिनेट सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की थी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अर्द्धशहरी ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में कोविड नियंत्रण और प्रबंधन के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है मंत्रालय ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में कोविड रोगियों की संख्या बढ़ रही है लेकिन अर्द्दशहरी ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में भी अब संक्रमित लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है इसलिए इन क्षेत्रों में कोविड महामारी से निपटने के प्रयास तेज करने के लिए सभी स्तरों पर प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और समुदायों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है

इन रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता नहीं है और इन्हें घर पर ही या कोविड केयर आइसोलेशन सेंटर में ठीक किया जा सकता है कोविड रोगियों की निगरानी के लिए ऑक्सीजन के स्तर पर नजर रखना महत्वपूर्ण है प्रत्येक गांव में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर होने चाहिये ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति को इन उपकरणों के प्रावधान के लिए संसाधन जुटाने चाहिए कोविड मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कोविड रोगियों के परिवारों के लिए पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर उपलब्ध कराने की प्रणाली विकसित की जानी चाहिए इस कार्य में आशा या सहिया आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्रामीण स्तर के स्वयंसेवकों की सहायता ली जानी चाहिए घर में क्वारंटीन लोगों को होम आइसोलेशन किट उपलब्ध करायी जानी चाहिए

किट में दवाइयों का विवरण और उन्हें लेते समय सावधानी के ब्योरे के साथ विस्तृत पर्च भी होने चाहिए

दूसरे टीके के लिए पहले से किए गए पंजीकरण मान्य होंगे

केन्द्र सरकार ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को संक्रमणरोधी महत्वपूर्ण औषधि रेमडेसिविर की आपूर्ति बढ़ा दी है केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में रेमडेसिविर की आवश्यकता और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इसके समग्र उत्पादन और आवंटन को बढ़ाया गया है श्री गौड़ा ने कहा कि रेमडेसिविर की आपूर्ति बढ़ने से महामारी से लड़ाई में सहायता मिलेगी रांची जिले के बुण्डू अनुमंडल इलाके में आज से कोरोना लॉक डाउन को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी गई है बुंडू अनुमण्डलीय इलाके के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है बुंडू के ताऊ मोड़ पर पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताऊ मोड़ सोनाहातू राहे सिल्ली सताकी अनगड़ा समेत कई ग्रामीण इलाकों को जोड़ने का काम करती है साथ ही बंगाल के बाघमुंडी इलाके के लोगों का भी इसी चौक से आना जाना होता है ऐसे में ताऊ मोड़ पर विशेष निगरानी की जा रही है लॉकडाउन के मद्देनजर बुंडू अनुमंडलीय इलाके में सन्नाटा पसरा रहा लोगों की आवाजाही कम रही और दूकानें तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान भी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते दिखे ग्ममला में आज जिला प्रशासन के अधिकारियों ने दो बजे के बाद मोटरसाइकिल में घूम घूम कर शहर की गतिविधियों पर नजर रखी और लोगों को हिदायत दी जिले के पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दनन ने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर थोड़ी कड़ाई की जरूरत है पहला दिन आज दोपहर दो बजे के बाद बिना ई पास के बेवजह घूमने वाले लोगों और निर्धारित समय से अधिक देर तक दुकान या प्रतिष्ठान खोलने वाले दुकानदारों को हिदायत दी गई कल से कोरोना लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते पाये जाने पर सीधे दंड वसूला जायेगा

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज राजधानी के बरियातू रोड स्थित चेशायर होम और नंदराज वृद्ध आश्रम का दौरा किया मुख्यमंत्री ने चेशायर होम में रह रहे दिव्यांग बच्चों बुजुर्गो और वुद्वजनों का हालचाल पूछा और उनकी दिनचर्या के बारे में प्रबंधन के पदाधिकारियों तथा कर्मियों के साथ चर्चा की तथा दोनों संस्थाओं को मेडिकल किट सहित आवश्यक दवाइयां एवं अन्य जरूरतों की चीजों को संस्था में उपलब्ध कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सहित पूरी दुनिया में अभी कोरोना महामारी का प्रकोप है हम सभी को बहुत सावधानी के साथ रहना है राज्य में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हम सभी लोगों को घरों के अंदर में ही रहना है सभी लोग सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करें हाथों की साफ सफाई पर ध्यान दें और मास्क का भी उपयोग अवश्य करें इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों और वृद्धजनों के बीच मुख्यमंत्री आवास स्थित बागवानी में उपजे तरबूज और खरबूज का भी वितरण किया लोहरदगा जिला में लोग कोरोना बचाव को लेकर सतर्क हो रहे हैं जिले के लोग सामाजिक दूरी अपनाने के साथ ही मास्क का उपयोग कर रहे हैं साथ ही नियमित रूप से साबून से हाथ धुलाई को भी अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं लोग टीकाकरण पर भी जोर दे रहे हैं

बोकारो और चास के शहरी क्षेत्रों में पुलिस सघन जांच कर रही है ई पास के बिना और बेवजह सड़क पर घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से भीड़ जुटने की आशंका वाले शहर के बहउद्देशीय भवनों को सील कर दिये गए हैं रामगढ़ में कोरोना आपदा के दिशा निर्देशों की अनदेखी किये जाने पर अधिकारियों की ओर से दो कपड़े की दुकानों को सील किया गया और दुकान संचालक के विरूद्व प्राथमिकी दर्ज की गई अधिकारियों के अनुसार दुकान बाहर से बंद कर अंदर से कपड़ों की बिक्री की जा रही थी रामगढ की विधायक ममता देवी ने आज पीपीई किट पहन जिले के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों का हालचाल पूछा इस दौरान वे कोरोना संक्रमित मरीजों की समस्याओं से भी अवगत हुई और उसे जल्द दूर करने का आश्वासन भी दिया मौके पर विधायक ममता देवी ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों के द्वारा शिकायत मिलने पर वे निरीक्षण में आयी थीं उन्होंने बताया कि मरीजों की ओर से उन्हें शिकायत मिली थी कि अस्पताल में डॉक्टर कम आते हैं

इस संबंध में पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन डॉ अरविंद कुमार लाल ने कहा कि नये भाप यंत्रों से कोविड मरीजों के इलाज में मदद मिलेगी

इस कोविड सेंटर में एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर के कोविड वॉर्ड के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ विजय मोहन सिंह गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अनुरोध पर सुबह और शाम अपनी सेवाएं दे रहे हैं